हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने किसानों को फसल अवशेष न जलाने की आग्रह किया पर्यावरण वन और जलवाय् परिवर्तन मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने कहा है कि भारत स्टेज छ उत्सर्जन मानक पूरे देश में लागू किये जायेंगे केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा कि पूरे देश में नदियों की साफ सफाई का अभियान ज़ोरदार तरीके से चलाया जायेगा हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस की अध्यक्ष स्मित्रा चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है

म्ख्यमंत्री ने कहा कि फरीदाबाद से उनका प्राना नाता है फरीदाबाद का जिस पंग से औद्योगिक विकास होना चाहिए था वह पिछली सरकारों ने नहीं किया हम हस औद्योगिक नगरी को इसकी प्रानी पहचान प्नः दिलाना चाहते है हरियाणा के मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल ने पूर्व सरकारों पर आपराधिक छवि के लोगों को संरक्षण देने का आरोप लगाया है

मुख्यमंत्री ने कहा कि हत्या के इस मामले की जांच की जा रही है मामले की जांच के लिये पुलिस ने पांच सदस्यीय टीम गठित की है उम्मीद है कि प्लिस गुनाहगारों को जल्दी पकड़ लेगी मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रारंभिक तौर पर यह पैसे के लेन देन का मामला लग रहा है हरियाणा के कृषि मंत्री ओम प्रकाश धनखड़ ने कहा कि किसान फसल अवशेष न जलाकर इनको धरती में ही गलाये और धरती की उर्वरा शक्ति बढ़ाकर अधिक मुनाफा कमाये उन्होंने पर्यावरण को स्वच्छ बनाने के लिये किसानों से आग्रह किया कि वे माचिस के स्थान पर कृषि उपकरणों को उपयोग करे

मंत्री ने आज पंचकला में कृषि निदेशालय से सूचना रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया उन्होंने कहा कि सरकार ने डिजीटल योजना के तहत किसानों को लाभांनवित करने के लिये किसान हरियाणा ऐप् बनाई है किसान इस ऐप के माध्यम से सभी योजनाओं को जानकारी प्राप्त कर सकते है उन्होंने कृषि भवन में किसान क्योस का भी अनावरण किया किसान क्योस में दूर संचार के माध्यम से किसान फसल बीमा योजना का लाभ उठा पायेंगे उन्होंने इस अवसर पर एग्रीस्कोप नामक प्स्तक का विमोचन किया हरियाणा के शिक्षा मंत्री श्री राम बिलास शर्मा ने घोषणा की कि महेन्द्रगढ़ जिले के खेड़ी कांटी गांव में प्रदेश स्तर का स्टेडियम बनाया जाएगा श्री शर्मा आज शहीद मान सिंह उच्च विदयालय को अपग्रेड करने सम्बधी एक कार्यक्रम को सम्बोधित कर रहे थे इस मौके पर अटेली की विधायक व हरियाणा विधानसभा की डिप्टी स्पीकर संतोष यादव भी मौजूद थी

वहीं हरियाणा विधानसभा की डिप्टी स्पीकर ने भी स्टेडियम के लिए चार लाख रुपए का चैक ग्राम पंचायत को सौंपा

इन कार्यो में गांव के रास्ते नाला पानी की पाइप लाइन व धर्मशाला आदि शामिल हैं

श्री जावड़ेकर ने यह भी कहा कि सरकार ने साढ़े तीन हजार से अधिक उद्योगों में वाय् प्रद्षण निगरानी प्रणली स्थापित की है उन्होंने यह भी कहा कि फसलों के अवशेष जलाने के मुददे पर पांच राज्यों के मुख्यमंत्रियों की बैठक आयोजित करेंगे क्योंकि ये अवशेष सर्दियों के मौसम में वायु प्रदूषण का एक बड़ा कारण है

केन्द्रीय जल शक्ति मंत्री गजेन्द्र सिंह शेखावत ने कहा है कि पूरे देश में नदियों की साफ सफाई का अभियान जोर शोर से चलाया जायेगा

इस अवसर पर जल राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा कि गंगा यम्नाख् काली भागीरथी के अलावा अलकनंदा और कोसी को क्नीनथॉन परियोजना के तहत लाया जायेगा उन्होंने कहा कि आज दिल्ली में आठ घाटों पर सफाई की गई भारत ने युवाओं को सोशल मीडिरा के जरिये हिंसा की ओर प्रेरित करने वाले आंतकवादियो कोशिशों पर चिंता व्यक्त की है और इंटरनेट पर घणा फैलाने वोल भाषणों से उत्पन च्नौती से निपटने में विश्व के सभी देशों से सहयोग की अपील की है संयक्त राष्ट्र में भारत के उप स्थायी प्रतिनिधि के नागपल नायड़ ने कहा कि भारत प्रौद्योगिकी के माध्य से आपस ज्ड़े विश्व के देशों में नस्लवाद असहनशीलता और विदेशियों के प्रति ईष्या के गडबड़ी वाले मौहोल का चिंता से देख रहा है नायड्र नस्लवाद और घृणा फैलाने की प्रवृति से निपटने के बारे में महासभा की अनौपचारिक बैठक में बोल रहे थे उन्होंने कहा कि आंतकवादी ख्ले तौर पर या चौरी छूपे सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर य्वाओं को अपने नापाक मंसूबों मे फंसाते है उन्होंने प्रौदयोगिकी कंपनियों से सामग्री से जुड़े नियमों को कड़े करने की प्रतिबदवता की जरूरत पर बल दिया हरियाणा प्रदेश महिला कांग्रेस के अध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है ऑल इंडिया महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुशमिता देव को भेजे गये त्याग पत्र में श्रीमती चौहान ने कहा कि उन्होंने पार्टी के लिये बेतहतर करने का हर संभव प्रयास किया और वे लोक सभा चुनाव के परिणामों से काफी व्यथित है उन्होंने कहा कि कांग्रेसअध्यक्ष राहल गांधी के इस्तीफे क प्रस्ताव ने उन्हे व्यथित किया श्रीमती चौहान ने कहा है कि हार के लिये राहल गांधी जिम्मेदार नहीं बल्कि पार्टी के अदंर ग्टबाज़ी भीरत घात जिम्मेदार है

अपने त्याग पत्र में उन्होंने स्पष्ट किया कि वह तब तक पार्टी में कोई पद स्वीकार नहीं करेगी जब तक राहल गांधी अपना इस्तीफा वापिस नहीं ले लेते